आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए वे यहां विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने शहीदों के सम्मान के लिए ये स्मारक बनाने का फैसला किया और ये अपने निर्धारित समय से पहले बनकर तैयार हो गया है उन्होंने कहा कि इस स्मारक से सभी को प्रेरणा मिलेगी

एनआईए ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है

इसके लिए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की गई है

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने इस बारे में केन्द्र सरकार रक्षा मंत्रालय जम्मू कश्मीर सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी नोटिस जारी किये हैं याचिका में ऐसी नीति बनाने का आग्रह किया गया है जिससे ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन रोका जा सके

नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस डैशबोर्ड से लोगों को देश भर में रेलवे के कामकाज की जानकारी मिलेगी

श्री गोयल ने कहा कि रेल मंत्रालय को इस डेशबोर्ड के जरिये सुझाव और टिप्पणियां मिलेंगी जिससे भावी कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलेगी

सांसद चन्द्रप्रकाश जोशी ने बताया कि इससे आमजन को बेहतर सुविधा मिल सकेगी

लोकसभा चुनाव से पहले बड़े प्रशासनिक फेरबदल को काफी अहम माना जा रहा है आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने दो आरएएस अधिकारियों को पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा है

बडी संख्या में संविदाकर्मियों के अवकाश पर रहने से चिकित्सा व्यवस्थाए प्रभावित होने की संभावना है उधर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ समित शर्मा ने कहा कि कार्मिकों के नियमितिकरण के लिये सरकार ने मंत्रिमंडलीय कमेटी बना रखी है उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के सामुहिक अवकाश पर जाने वाले कार्मिको के अवकाश स्वीकृत नहीं किये जायेंगे

इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी हैं गौरतलब है कि राज्य में पत्नी या पत्नी के पक्ष में की जाने वाली अचल संपत्ति की गिफ्ट डीड पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत या अधिकतम एक लाख रुपये इसमें से जो भी कम हो स्टांप ड्यूटी लिये जाने का प्रावधान है इस पर श्री गहलोत ने पति द्वारा पत्नी के पक्ष में अचल संपत्ति गिफ्ट डीड करने को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त करने का निर्णय लिया